प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में लालकिले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सबके लिए सामाजिक न्याय और तेजी से प्रगतिशील भारत का निर्माण सुनिश्चित करना जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में देश के ईमानदार करदाता की प्रमुख भूमिका है यह उन्हीं का योगदान है कि इतने लोगों को भोजन मिल पा रहा है और गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाया जा रहा है समूचे देश की तरह आज मध्यप्रदेश में भी स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण किया और आकर्षक परेड की सलामी ली राज्य की जनता को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि परेड के दौरान जब सुरक्षा बल कदम से कदम मिला कर चलते हैं तो यकीन होता है कि इनके होते कोई प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता सभी को इससे अवगत होना चाहिए कि वीर जवान कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर गतिमान रखने के लिए जनता के साथ की जरूरत है

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री चौहान पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा फहराया वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचोरी ने ध्वजारोहण किया

बुरहानपुर जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने स्थानीय नेहरू स्टेडियम पर ध्वजारोहण किया शहडोल में हुये जिलास्तरीय कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये शिवपुरी में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया गया सतना में रिमझिम बारिश के बीच परेड ने मार्चपास्ट किया कटनी में राज्यमंत्री संजय पाठक ने झंडावंदन कर परेड की सलामी ली ग्वालियर में मुख्य कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया वहीं सागर में तेज बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ नीमच नरसिंहपुर आगरमालवा डिंडौरी जबलपुरमुरैना उमरिया सहित पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है राज्यपाल शपथ मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद की आज शपथ ली छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाघीश अजय कुमार त्रिपाठी ने राजभवन में आयोजित सादे समारोह में श्रीमती पटेल को शपथ दिलाई इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉरमन सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम दास टंडन के निधन के बाद श्रीमती आनंदी बेन पटेल को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है

साल में एक बार खुलने वाले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्वालू पहुंच रहे हैं